आज राज्यसभा में विधेयक पेश करते हए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि समुदाय विशेष को चिन्ता करने की जरूरत नहीं है देश के नागरिक के रूप में उनको प्राप्त अधिकार उन्हें मिलते रहेंगे श्री शाह ने कहा कि यह विधेयक धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की आशंकायें दूर करते हुए उन्होंने कहा कि इससे उनके हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा

उधर आज शिवसेना ने कहा है कि अगर सरकार राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक के बारे में शंकाओं को स्पष्ट नहीं करती तो वह अपने समर्थन के बारे में पुनर्विचार करेगी इससे पहले शिवसेना ने लोकसभा में इस विधेयक का समर्थन किया था वहीं भाजपा ने अपने राज्यसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है कांग्रेस ने लोकसभा में इस विधेयक पर पुरजोर तरीके से विरोध करने के बाद अब सड़क पर भी प्रदर्शन का फैसला किया है पार्टी की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि आज सभी प्रदेश मुख्यालयों पर कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जायेगा यूरिया मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे प्रदेश में यूरिया के नाम पर राजनीति कर रहे हैं

इस कारण से वितरण में कुछ स्थानों पर किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने कहा कि हम लगातार यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति को लेकर प्रयासरत हैं और केन्द्र सरकार से प्रदेश का युरिया कोटा बढाने को लेकर निरंतर हमारे प्रयास जारी हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा यदि सच्ची किसान हितैषी है तो इस मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय केन्द्र सरकार पर दवाब डालकर प्रदेश के मांग के अनुसार यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित करे

इसे कृषि वन और आपदा प्रबंधन में मदद के लिए तैयार किया गया है

इन्दौर पर्यावरण देषभर में साफ सफाई के लिए मिसाल बन चुका इंदौर अब स्वच्छ पर्यावरण के लिए भी मददगार साबित हो रहा है हाल ही में प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों से इसका खुलासा हआ है बोर्ड के क्षेत्रीय प्रयोगशाला प्रभारी डॉक्टर डी के वागेला ने बताया कि पिछले कुछ वर्षो में षहर का वायु प्रदूषण चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया था

मैच शाम सात बजे से शुरू होगा

रविवार से भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला शुरू होगी